प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदो ने कहा है कि इस वर्ष भारत ने जल थल और नभ तीनों क्षेत्रों में परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बनने में सफलता हासिल की है श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलताओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश का रक्षा तंत्र और भी मजबूत हुआ है

इसी वर्ष हमारे देश ने सफलतापूर्वक न्यूकलियर ट्राइड को पूरा किया है यानी अब हम जल थल और नभ तीनों में परमाणुशक्ति संपन्न हो गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे दुनिया की प्रमुख संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है

देश के हर गाँव तक बिजली पहुँच गई विश्व की गणमान्य संस्थाओं ने माना है कि भारत रिकॉर्ड गति के साथ देश को गरीबी से मुक्ति दिला रहा है श्री मोदी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से कारोबार की आसानी के मामले में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत के प्रयासों का विश्व ने संज्ञान लिया है

कुंभ की दिव्यता से भारत की भव्यता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेरेगी

सांसारिक चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखते समझते हैं खासकर युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपिरियंस हो सकता है समाज में खेल कूद के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के सुदृढ़ संकल्प और बुलंद हौंसलों से रूकावटें ख़द ही ख़त्म हो जाती हैं

श्री मोदी ने जूनियर महिला मुक्केबाजो प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता रजनी और साइकिल से विश्व का सबसे तेजो से चक्कर लगाने वाली महिला वेदांगी कूलकर्णी का भी उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अटूट संबंध रहा है

इट राइट इंडिया अभियान के अन्दर देश भर में स्वस्थ भारत यात्राएं निकाली जा रही हैं

कभी कभी सरकारी संगठनों का परिचय एक रेगुलेटर की तरह होता है लेकिन यह सराहनीय है कि एफ एस एस एआई इससे आगे बढ़कर जन जागृति और लोकशिक्षा का काम कर रहा है श्री मोदी ने सस्ते और किफायती इलाज के लिए चेन्नई के प्रसिद्ध डॉक्टर जयचन्द्रन का उल्लेख किया उन्होंने कर्नाटक की सुनागिट्टी नरसम्मा का भी जिक्र किया जो गर्भवती महिलाआ के प्रसव में सहायिका का काम करती थीं श्री मोदी ने बिजनौर के डॉक्टरों की सराहना की यह डॉक्टर गरीबों और वंचितों के लिए मुफ़्त शिविर लगाते रहते हैं इन शिविरों में सैंकड़ों गरीब मरीजों का इलाज किया जाता है देशवासियों को लोहड़ी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण माघ बिहू और माघी त्योहारों की श्भकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबको मनाने की भावना एक ही है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ आवास पर विशेष रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने मथुरा स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी अमरोहा ज़िले के ग्रामीण इलाक़ों में लोग रेडियो के चारो तरफ मन की बात के शुरू होने का इंतजार करते हुये देखे गये शहर के अम्बेडकर पार्क में विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया ने लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना उधर बलरामपुर ज़िले के ग्रामीण अंचल में बच्चों नौजवानो महिलाओं व बुजुर्गो ने रूचि पूर्वक इस कार्यक्रम को सुना झांसी और कानपुर नगर और मथुरा सहित कई ज़िलों में मन की बात कार्यक्रम के लिये लोगों में उत्साह नज़र आया आज रात क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक विशेष परिचर्चा का प्रसारण करेगा इसे रात आठ बजे से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आप का फिर स्वागत है पुलिस ने गाजोपुर में भीड़ द्वारा पथराव की घटना में पुलिस के एक सिपाही सुरेश प्रताप सिंह वत्स की मौत के सिलसिले में उन्नीस लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने लखनऊ में बताया कि घटना के संबंध में दर्ज मुकदमों के तहत यह गिरफ्तारियां की गई हैं कल राष्ट्रीय निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने प्रधानमंत्री की रैली में जाने से रोका था इससे नाराज़ होकर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रास्ता जाम कर दिया और रैली से लौट रहे वाहनों पर पथराव किया इस दौरान पुलिस कांस्टबिल वत्स के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में मौत का शिकार हये पुलिस कांस्टेबिल की पत्नी को चालीस लाख रूपये और उनके माता पिता को दस लाख रूपये की आर्थिक मदद देने को घोषणा की है श्री योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुये दिवंगत कांस्टेबिल की पत्नी को असाधारण पेंशन देने के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है प्रदेश के अधिकांश इलाकों विशेष कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को वजह से आम जन जीवन प्रभावित है बिजनौर में शीत लहर ने पिछले कई साल के रिकार्ड तोड़ दिये हैं वहां पाला पड़ने और तेज ठंड से लोग बेहाल हैं बिजनौर ज़िले का न्यूनतम तापमान शून्य दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मुजफ्फरनगर में भी सर्दी का असर लोगों पर दिखाई दे रहा है शीत लहर से लोग घरों में कैद हो गये हैं कारोबार पर भी इस सर्दी का असर देखा जा सकता है उधर मऊ जनपद और आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से गलन की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था न होने की वजह से आम नागरिक सर्दी से बेहाल नज़र आ रहे हैं प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन का लम्बी बीमारी के बाद आज सुबह कोलकाता में निधन हो गया

पद्मभूषण और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय सेन ने एक दिन अचानक पदातिक मृगया भुवन शोम और खंडहर जैसी फिल्मों के माध्यम से देश में समानान्तर सिनेमा की शुरूआत की थी

वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर केन्द्रित फिल्मों के लिए जाने जाते थे बारह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रस्कारों से सम्मानित मृणाल सेन इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के सदस्य रह थे

उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और समूदाय का विकास करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है कल मुम्बई में अंजुमन ए इस्लाम द्वारा संचालित कॉलेज भवन की आधारशिला रखने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के तीन करोड़ ग्यारह लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गयी है इनमें लगभग साठ प्रतिशत लड़कियां हैं